ये राज्य हैं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र केरल पंजाब मध्य प्रदेश तमिलनाड़ और गुजरात केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सबसे अधिक आठ हजार आठ सौ सात दैनिक मामले महाराष्ट्र में सामने आये केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित केरल महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिम बंगाल पंजाब मध्य प्रदेश गूजरात और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीमें भेजी हैं ये टीम कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगायेंगी और इस पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ बेहतर तालमेल पर सुझाव देंगी कोरोना समाचार देश में अब तक एक करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में मी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा रहा है अब तक दो लाख छब्बीस हजार छह सौ से अधिक स्वास्थ्यकर्भियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला तथा उनतालीस हजार तीन सौ बयालीस को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ सैंतालीस नये मामले सामने आए वर्तमान में करीब तीन हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने महाराष्ट्र की सीमा पर हाईअलर्ट जारी कर दिया है बागनदी के साथ बोरतलाव की सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर ट्रेसिंग की जा रही है

एयर एलाइंस की टेस्टिंग फ्लाइट आज बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंची बिलासपुर से दिल्ली के लिए एटीआर बहत्तर एयरक्राफ्ट की दो फ्लाईट सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए दोपहर तीन बजकर बीस मिनट पर बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर से तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर रवाना होकर प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेगी दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम चार बजे बिलासपुर पहुंचेगी और साढे चार बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे पर टेस्टिंग फ्लाइट का आगमन हर्ष का विषय है विधानसभा समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन आज हंगामेदार रहा धान खरीदी के मामले को लेकर आज विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की आसंदी ने विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया आसंदी ने हंगामें के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों की मांग पर इस विषय पर आघे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी इससे पहले सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए विधायक शिवरतन शर्मा नारायण चंदेल सौरम सिंह और पुन्नुलाल मोहले ने कहा कि पिछले साल केन्द्र सरकार ने अट्ठाईस लाख मीटरिक टन चावल लेने की अनमति दी थी लेकिन सरकार प्रा चावल जमा नहीं कर पाई हजारों करोडो रूपए का धान सड गया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धान खरीदी किसानों के जीवन से जुड़ा मामला है धान संग्रहण बंद कर दिया गया है सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि धान खरीदी कमीशन की भेंट चढ़ गई है सोसायटियों में जो धान रखा है वह बे मौसम बारिश होने के कारण सड़ रहा है उन्होंने कहा कि धान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है वह अपनी गलतियां छिपाने के लिए दूसरों पर दोष न मढ़ें चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केन्द्र से अनुमति मिलने में देरी हुई साथ ही कोरोना संकट की वजह से भी परिस्थितियां बदली हैं उन्होंने कहा कि वे केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर चावल उठाव का कोटा बढ़ाने का आग्रह करेंगे सदन में आज गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी मरीजों के इलाज और इससे हुई मौतों का मामला भी गूजा ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर बजमोहन अग्रवाल और नारायण चंदेल ने यह मामला उठाया जवाब में पीएचई मंत्री गुरू रूदकमार ने कहा कि सपेवेडा में दृषित पेयजल की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है उन्होंने कहा कि सूपेवेडॉ में एक सौ उन्नौस घरों में सीधे नलों के जरिए शुद्ध पानी दिया जा रहा है कल विघानसभा में देर शाम चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए पांच सौ पांच करोड़ रूपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया राष्ट्रीय खिलौना मेला देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है यह मेला वर्च्यअल माध्यम से सत्ताईस फरवरी से दो मार्च के बीच आयोजित किया जायेगा रायपुर के एक व्यापारी पवन कुमार मनशानी ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह प्रयास सराहनीय है

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है वो बहत ही शानदार है

ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें

इसका उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हित धारकों को एक ही मंच पर इकट्ठा करना है

एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बधेल मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारीशक्ति को संबोधित करेंगे इस संबंध में प्रदेश की महिलाए आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर कल छब्बीस फरवरी को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकती हैं लोकवाणी का प्रसारण चौदह मार्च को होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस से ग्यारह बजे तक प्रसारित किया जाएगा कैबिनेट निर्णय राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य लघू वनोपज संघ द्वारा निर्भित हर्बल दवाओं उत्पादों और लघू वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कत खाद्य पदार्थो का क्रय करेगी राज्य लघ वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्य नहीं होने की स्थिति में संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उत्पादों की खरीदी बाजार से की जाएगी साथ ही उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल किया जाएगा यह निर्णय आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया बैठक में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय भी लिया गया मंत्रिमंडल ने समर्थन मूल्य पर हुई धान खरीदी के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा चौबीस लाख मीटरिक टन चावल लिए जाने और पीडीएस के लिए चौबीस लाख मीटरिक टन चावल की आवश्यक मात्रा निकालने के बाद बचे हुए करीब बीस लाख मीटरिक टन सरप्लस चावल की निराकरण समिति स्तर से नीलामी करने का निर्णय लिया है नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मीलिंग के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा मंत्रिमंडल ने कोरबा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा एक सौ बीस मेगावॉट क्षमता की दोनों इकाइयों को बंद करने के लिए संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गोधन न्याय योजना किश्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की चौदहवीं किश्त के रूप में आज करीब डेढ़ लाख पशुपालकों के खाते में लगभग पांच करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की इसे भिलाकर अब तक इस योजना के तहत पशुपालकों को करीब अस्सी करोड़ रूपए का भूगतान किया जा चुका है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा जवान शहीद नारायणपुर जिले में कल हुई अलग अलग माओवादी घटनाओं में दो जवान शहीद हो गए वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है घायल जवान को राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी और डीआरजी की संयुक्त टीम अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान नेडनार और सोनपुर मार्ग े के बीच आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया वहीं एक अन्य जवान अब्झमाड़ के काकुर के पास हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया शहीद जवानों को आज नारायणपुर जिला मुख्यालय में पुलिस लाइन शहीद स्मारक स्थल में श्रद्वांजलि दी गई इस मौके पर बस्तर आईजी पीसुंदरराज कलेक्टर धर्मेश साह और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग उपस्थित थे श्रद्वांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी मुठभेड़ में दो जवानों की शहादत पर गहरा द्वख व्यक्त किया है उन्होंने जवानों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है इस बीच नारायणपुर और कांकेर जिलों के महाराष्ट्र की सीमा से लगते इलाकों में बीते तीन दिनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन संगम चलाया गया सुरक्षा बलों ने इस संयुक्त अभियान के तहत माओवादियों के सात कैम्पों को ध्वस्त करने का दावा किया है इन कैम्पों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं आईटीबीपी शिविर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की टीम ने राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र हेमलकोड़ो और दुवालगुड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया इस शिविर में दो सौ चालीस ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गौरतलब है कि आईटीबीपी द्वारा सुद्र ग्रामीण क्षेत्रों में यूवाओं को शरीरिक प्रशिक्षण देने के अलावा कॅरियर काउंसलिंग सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है

इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं बस्तर संभाग के कभिश्नर जीआर चुरेन्द्र और आईजी पीसुंदरराज ने आज नारायणपुर पहंचकर तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कमिश्नर श्री चरेन्द्र ने बताया कि इस मैराथन में देश विदेश के धावक शामिल होंगे कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने बताया ँकि इसमें लगभग ग्यारह हजार धावक शामिल होने जा रहे हैं दूसरे राज्यों सहित प्रदेश को अन्य जिलों से आए धावकों की कोरोना जांच की जाएगी मैराथन दौड़ में महिला और पुरूष वर्ग के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे प्रथम पुरस्कार एक लाख इक्कीस हजार रूपये द्वितीय पुरस्कार इकसठ हजार और तृर्तीय पुरस्कार इकतीस हजार रूपये रखा गया है